वहीं सात सितंबर को दोपहर तीन बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे तेईस सितंबर को सुबह सात से दोपहर तीन बजे तक मतदान होगा मोटरयान अधिनियम बैठक प्रदेश के परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि नए मोटरयान अधिनियम को लागू करने से पहले इसका विधि विभाग से परीक्षण कराया जाएगा विधि विभाग से मिलने वाली रिपोर्ट के अध्ययन के बाद राज्य की जनता के हित में जो उचित होगा उसी आधार पर इस नए अधिनियम को लागू करने का निर्णय लिया जाएगा श्री अकबर ने परिवहन विभाग के अधिकारियों की बैठक में यह बात कही बैठक में बताया गया कि नए मोटरयान अधिनियम को छत्तीसगढ़ में लागू करने के संबंध में विधि विभाग को परीक्षण के लिए भेजा गया है इस बैठक में परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अभियान में सरपंचों से सक्रिय भागीदारी का आव्हान करते हुए उन्हें पत्र लिखा है श्री बघेल ने अपने पत्र में कहा है कि राज्य सरकार ने प्रदेश से कुपोषण और एनीमिया को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लिया है योजना के तहत राज्य के कुपोषित और एनीमिया पीड़ितों के लिए हर दिन मुफ्त भोजन की व्यवस्था की जाएगी मुख्यमंत्री ने सरपंचों से आग्रह करते हुए कहा है कि वे इस अभियान में अपना पूरा योगदान दें श्री बघेल ने विश्वास व्यक्त किया है कि आगामी तीन वर्षों में राज्य को कुपोषण और एनीमिया से मुक्त कराने का प्रयास किया जाएगा जिससे स्वस्थ छत्तीसगढ़ की कल्पना साकार हो सकेगी मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि राज्य के करीब छत्तीस प्रतिशत छोटे बच्चे कुपोषण से और पंद्रह से उनचास वर्ष की लगभग बयालीस प्रतिशत महिलाएं खून की कमी से पीड़ित हैं अजीत जोगी जाति मामला प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की जाति के संबंध में उच्च अधिकार समिति के फैसले के खिलाफ श्री जोगी द्वारा दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट ने यथास्थिति बहाल रखी है हालांकि हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने से इंकार किया है अदालत ने कहा है कि छब्बीस सितम्बर से याचिका पर नियमित सुनवाई होगी तब तक श्री जोगी का विधायक का पद भी यथावत रहेगा गौरतलब है कि उच्च अधिकारी समिति ने हाल ही में श्री जोगी की जाति से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों की जांच के बाद दिए गए अपने फैसले में श्री जोगी को आदिवासी नहीं माना था इस बीच श्री जोगी द्वारा उच्च अधिकार समिति के फैसले के खिलाफ याचिका लगाए जाने के बाद भाजपा नेता नंदकुमार साय समीरा पैकरा और संत कुमार नेताम ने भी हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की हालांकि कोर्ट ने श्री जोगी की याचिका पर आज सुनवाई करते हुए तीनों हस्तक्षेप याचिकाओं को नामंजूर करते हुए प्रकरण में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है अमित जोगी याचिका खारिज उधर पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी की जमानत याचिका आज गौरेला के अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने खारिज कर दी इसलिए उन्हें फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रखा जाएगा गौरतलब है कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमित जोगी को कल सुबह पुलिस ने गिरफ्तार किया था उन पर वर्ष दो हजार तेरह के विधानसभा चुनाव के दौरान नामांकन के समय कथित फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जमा करने का आरोप है इस बीच अमित जोगी की गिरफ्तारी के विरोध में आज जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं ने रायपुर में मुख्यमंत्री निवास को घेरने का प्रयास किया लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पहले ही रोकते हुए इन सभी को गिरफ्तार कर लिया

अट्ठारह प्राप्त करने वाले शिक्षकों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने छात्रों में रचनात्मक भावना पैदा करने पर जोर दिया शिक्षक सम्मान शिक्षक दिवस के अवसर पर कल पांच सितंबर को प्रदेश के अड़तालीस शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से पुरस्कृत किया जाएगा इनमें से चवालीस शिक्षकों को राज्य शिक्षक सम्मान और चार शिक्षकों को प्रदेश के महान साहित्यकारों के नाम पर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा राज्यपाल अनुसुईया उइके के मुख्य आतिथ्य में कल सुबह साढ़े दस बजे से राजभवन में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम विशिष्ट अतिथि होंगे समारोह में राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित चवालीस शिक्षकों में से प्रत्येक को इक्कीस हजार रूपए की राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा इसके अलावा प्रदेश की महान विभूतियों की स्मृति में दिए जाने वाले पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रत्येक शिक्षक को प्रशस्ति पत्र के साथ पचास हजार रूपए की नगद राशि दी जाएगी चयन समिति द्वारा प्रदेश की आठ उत्कृष्ट शालाओं को भी पुरस्कृत किया जाएगा राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिक्षक दिवस के अवसर पर गुरूजनों को शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने कहा कि शिक्षक देश और समाज के भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दिन हमें देश के महान दार्शनिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती का स्मरण कराता है मिट्टी तेल आवंटन प्रदेश में खाद्य विभाग द्वारा इस महीने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत करीब साढ़े छह हजार किलोलीटर मिट्टी तेल का आवंटन जारी कर दिया गया है यह मिट्टी तेल उचित मूल्य की दुकानों से हितग्राहियों को दिया जाएगा खाद्य विभाग के अनुसार गैर अनुसूचित क्षेत्रों के गैस कनेक्शनधारी राशन कार्डधारकों को भी मिट्टी तेल दिया जाएगा वहीं अंत्योदय और अन्नपूर्णा राशनकार्डो को भी इसकी पात्रता होगी नगरीय क्षेत्रों के सभी राशनकार्डधारियों को दो लीटर और ग्रामीण क्षेत्रों के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के राशनकार्डधारियों को तीन लीटर मिट्टी तेल दिया जाएगा वहीं गैर अनुसूचित क्षेत्रों के राशनकार्डधारियों को दो लीटर मिट्टी तेल उचित मूल्य की दुकानों से मिलेगा इसके अलावा खाद्य विभाग में दर्ज हॉकर्स की संख्या के आधार पर प्रत्येक हॉकर को बिक्री के लिए अलग से पचासी लीटर मिट्टी तेल दिया जाएगा खाद्य विभाग ने आवंटित मिट्टी तेल का उठाव तीस सितम्बर तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं मौसम और अब पेश है मौसम का हाल बंगाल की खाड़ी से ओडिशा के बीच बने चक्रवात की वजह से प्रदेश में अगले एक दो दिनों तक अच्छी बारिश होने की संभावना है रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार इस चक्रवात की वजह से प्रदेशभर में बादल छाए हुए हैं मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में एक दो स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना है संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज नई दिल्ली में उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से सौजन्य मुलाकात की इस दौरान उन्होंने उप राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्री से छत्तीसगढ़ के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्यमंत्री रेणुका सिंह कल से आठ सितंबर तक छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगी इस दौरान वे रायपुर दुर्ग भिलाई और सूरजपुर में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि बस्तर जिले में बाढ़ से हुए नुकसान के लिए पीड़ितों को मुआवजा राशि का भुगतान जल्द किया जाएगा जगदलपुर विमानतल पर हई बैठक में मुख्यमंत्री ने बाढ़ से हुए नुकसान की समीक्षा के बाद इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए